इस मौके पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी उनके साथ मौजूद रहे जेपी नड़डा ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जिसे सफल बनाने के लिए सरकार सहयोग कर रही है उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से लोगों में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता लाने का आहवान करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की दुनियाभर में सराहना की जा रही है इस कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और शहर की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया औचक निरीक्षण चंबा जिले के दो विधायकों पवन नैयर और जिया लाल ने जवाहर लाल नेहरू मैडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने जहां अस्पताल में दाखिल रोगियों की परेशानियों को जाना वहीं गत दिनों लूणा में हुई बस दुर्घटना के घायलों का कुशलक्षेम भी प्रछा अस्पताल में भर्ती मरीजों ने विधायकों को स्टाफ के दर्व्यवहार और यहां फैली गंदगी की शिकायत की

विधायक ने प्रबंधन को मुरम्मत का काम कर रही कम्पनी को नोटिस देने और जल्द काम न करने की स्थिति में कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी उन्होंने प्रबंधन को कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और खामियों को जल्द दूर करने के भी निर्देश दिए दुर्घटना पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कांदू में आज सुबह हुए एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई जबकि उनकी तीन वर्षीय बच्ची सहित परिवार के अन्य दो सदस्य घायल हो गए जानकारी के मुताबिक ये कार चम्बा से पठानकोट जा रही थी मेला प्रदेश का प्रसिद्ध पारम्परिक राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला आज सिरमौर जिला के सराहां में शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने वामन भगवान की पालकी में कंधा लगाकर शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इस मौके पर भगवान वामन की पालकी का सराहां बाजार के सरोवर में नौका विहार भी कराया गया उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं और जिन्हें संजोए रखने में एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी उदघाटन किया

इस दिन पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला में सच्चाई नेकी और न्याय को कायम रखने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इससे हजरत हसैन की याद में ताजिये निकाले जाते हैं इस मौके पर कर्बला में हजरत हसैन की बड़ी कर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाता है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शिया समुदाय के लोगों ने ताजिये निकाले और हजरत हुसैन की शहादत को याद किया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

शिमला उत्सव चार दिवसीय शिमला उत्सव बीती शाम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ इसका शुभारम्भ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया शिमला उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने हिस्सा लिया इस मौके पर शिमला उत्सव आयोजित समिति के अध्यक्ष व उपायुक्त अमित कश्यप ने राज्यपाल को शॉल टॉपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया